प्रशासन के सहयोग से निरक्षर भी बन रहे है साक्षर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

उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र दो गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है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 उन्होंने कहा कि हर ग्रामसभा ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है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 इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी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 इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा को स्मरण किया शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि सामूहिक शक्ति का स्रोत एकजुटता है श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी अपनी सामूहिक कोशिशों और एकजुटता से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे प्रधानमंत्री ने दुष्प्रचार के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इससे संकट के समाधान में रूकावट आती है उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे कोरोना संक्रमण के इलाज और इससे बचाव के बारे में सही जानकारी का प्रसार करें

उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चअल संवाद सत्र में भाग लेते हुए यह बात कही

रमजान पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा है कि रमजान के दौरान मुस्लिम समाज को लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा सामूहिक नमाज और रोजा अफतारी पर प्रतिबन्ध रहेगा इसके अलावा जिला स्तर पर डीएम और एसएसपी की इजाजत से अजान के दौरान कम आवाज में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा

उन्होंने कहा कि लोगों का एक जगह इकट्टा होना उनके परिवार और समाज के लिए घातक हो सकता है अनोखी पहल चम्पावत जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु लागू लॉक डाउन के दौरान अनोखी पहल की है जिसके तहत जिले के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे लोग में अवसाद पैदा न हो और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हो इसके ध्यान में रखकर सभी लोगों को सुबह शाम योगाभ्यास प्राणायाम कराया जा रहा है इसके साथ ही निरक्षर लोगों को साक्षर करने का भी प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा बनबसा टनकपुर चम्पावत लोहाघाट आदि स्थानों के इन राहत शिविरों में लोगों के मनोरंजन के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से लघुकथा वृत चित्र और लोक गीतों को सुनाया और दिखाया जा रहा है

इसके अलावा अगले दो माह के दौरान भी महिला खाताधारकों को यह राशि मिलेगी महिला खाताधारक इस रकम को किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे इस संबंध में सभी खाताधारकों को उनके मोबाइल नम्बरों पर एसएमएस से सूचना भेज दी गई है

चमोली किसान राहत चमोली जिले में लॉक डाउन के दौरान किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें बीज उर्वरक और पशुचारे अदि की दिक्कते न हो इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए है जिले का कोई भी किसान काश्तकार ब्लाक स्तर पर स्थापित कृषि निवेश केन्द्रों उद्यान सचल दल केन्द्रों और सहकारी समितियों से कृषि निवेश सब्जी बीज और उर्वेरकों की खरीद कर सकते है इसके साथ ही पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सालय केन्द्रों से वह पशु आहर भी ले सकते है